मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वे कर लिया बाढ़ का जायजा छिंदवाड़ा नरसिंहपुर बैतूल सहित अन्य कई जिलों में भारी बारिश होने से बने बाढ़ जैसे हालात निचली बस्तियों में पानी घुसने से जन जीवन प्रभावित आवागमन हुआ बाधित

ग्वालियर के पैरा स्वीमर सत्येन्द्र सिंह तेनजिंग नोर्गे अवार्ड पाने वाले देश के पहले दिव्यांग खिलाड़ी बने

भोपाल जबलपुर और होशंगाबाद संभागों में तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं

किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए यहां सेना और एनडीआर की दुकड़ियों को बुलाया गया है ताजा जानकारी के लिए होशंगाबाद से हमारे संवाददाता तनुज तिवारी जुड़ रहे हैं

इधर रायसेन में भी नदी नाले उफान पर हैं बारना डेम के सभी आठ गेट खुल गए हैं रायसेन से संवाददाता दीपक कांकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं

छिंदवाड़ा जिले में पिछले दो दिनों से जारी भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है

इधर सीहोर में लगातार बारिश से हाईवे किनारे होटल रेस्टोरेंट और ढाबों में बारिश का पानी भर गया है

लगातार बदलते मौसम को देखते हुए मौसम विज्ञान विभाग ने होशंगाबाद नरसिंहपुर छिंदवाड़ा बालघाट सिवनी बैतूल जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है बैठक सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के कई इलाकों में हो रही अति वर्षा के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक की इस दौरान श्री चौहान ने कहा कि आवश्यक होने पर सेना तथा वायुसेना की मदद ली जाएगी

उधर देवास में आज एक कोरोना संक्रमित की मृत्यु हो गई

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज उन्हें वर्चुअल कार्यक्रम में यह पुरस्कार प्रदान किया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

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा

इस दौरान उन्होंने खराब हुई फसलों का सर्वे के निर्देष दिए